मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन सवा दो लाख कोरोना टेस्टिंग कराये जाने के दिये निर्देश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से केन्द्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए हैं

देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए यह क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किये गये हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संर्क्धन विमाग से परामर्श के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है

रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे द्वारा देश के विमिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जारी है इस बीच लखनऊ से एक और खाली रेलगाड़ी बोकारो पहुंच गई है इस रेलगाड़ी से उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए टैंकर लाए जाएंगे

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने चार ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है यह संयंत्र नोएडा लखनऊ गोरखपुर और भोपाल के सरकारी अस्पतालों में लगाये जायेंगे

ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और दिल्ली को दिए गए हैं

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद भदोही वाराणसी बरेली और नजीबाबाद में प्रत्येक स्थान पर दस डिब्बे उपलबध कराए गए हैं जिनमें आठ सौ रोगियों को रखा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन सवा दो लाख तक कोरोना टेस्टिंग किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मददेनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली को लाग करने को कहा है इस प्रणाली के तहत सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने इलाके के कोरोना मरीजों को अस्पताल पहंचाये

आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हए आयुर्वेद और युनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इनके तहत संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घर में ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाने के लिए आयुष क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक औषधि लेने की सलाह दी गई है यह चार जडी बृटियों का सरल मिश्रण है यह दिशा निर्देश और परामर्श आय्ष मंत्रालय द्वारा गठित आय्ष अनुसंघान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें संसाधनों की महत्ता एवं उसकी सुनिश्चितता पर विरोष ध्यान देना होगा कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल बेड उपलब्ध होने पर कोविड पॉजिटिव मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर से मरीज को जो अस्पताल आवंटित किया गया है वहां उसे अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि कोविड मरीजों के आवागमन के लिये जिलों में पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है हर जरूरतमंद को एम्बुलेंस मिले इसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों संख्या निरन्तर बढ़ रही है

यह जानकारी कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को बिस्तर आवंटन और मरीजों को अस्पताल से छ्टटी देने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरतमंद कोविड रोगियों को बिस्तर ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिरिचत करनी होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि यदि निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा राज्य सरकार ने कहा है की प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है

कंद्र सरकार से भी आठ नए टैकर मिल रहे हैं मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की आगरा मथ्ता और अलीगढ़ क्षेत्रों में ऑक्सीजन के प्रमावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है और इस दिसा में तत्काल कार्यवाही कराई जाए उन्होंने कहा कि सभी जिलों में दो दो सीएचसी को कोविड मरीजों के लिए तय किया जाए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ बढते कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिये केन्द्र सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घर पर भी मास्क जरूर लगाये

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयक्त सविव लव अग्रवाल ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दरी बनाये रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षित दृरी बनाये रखने के नियम का पालन न किया जाये तो एक व्यक्ति तीस दिन में चार सौ छः लोगों को संक्रमित कर सकता है